मंत्रिमंडल राज्य मंत्रिमंडल का बहुप्रतीक्षित विस्तार आज किया जा रहा है

इनमें आधा दर्जन राज्यमंत्री होंगे सूत्रों के अनुसार वरिष्ठ नेता गोपाल भार्गव भूपेन्द्र सिंह यशोधरा राजे सिंधिया जगदीश देवड़ा विश्वास सारंग बिसाहुलाल सिंह डॉक्टर प्रभुराम चौधरी इमरती देवी प्रद्यम्न सिंह तोमर के अलावा नये चेहरे के रूप में अरविंद भदौरिया रमेश मेंदोला गिरीश गौतम राज्यवर्धन सिंह डॉक्टर मोहन यादव को भी मत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है शपथग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर थांवरचंद गेहलोत प्रहलाद पटेल और पूर्व केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल होंगे

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोरोना संकटकाल के मद्देनजर हाल ही में ये घोषणा की है केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कल मीडिया को यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के समय वर्षा और आगामी त्यौहारों के मौसम के दौरान गरीबों को मुफ्त राशन के रूप में प्रति व्यक्ति पांच किलो गेहूं या चावल और एक किलो चना मुफ़त दिया जायेगा

श्री पासवान ने बताया कि उन्होंने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर उनसे एक देश एक राशन कार्ड योजना को लागू करने के लिए भी अनुरोध किया है ताकि पात्र हितग्राही किसी भी प्रदेश में किसी भी स्थान से राशन ले सके तोमर अपील केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि बेहतर फसल प्रबंधन के जरिए कृषि उत्पाद में बढोतरी की जा सकती है उन्होंने किसानों के नाम लिखे एक पत्र में उनसे अपील की है कि वे कृषि को लाभदायक बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती करें श्री तोमर ने कहा कि कोरोना के चलते लॉकडाउन के मुश्किल समय में किसानों ने जिम्मेदारी और समर्पण के साथ काम किया है उन्होंने कहा कि बिना किसी बाधा के रबी की फसल की कटाई और इसकी खरीद प्रक्रिया पूरी की गई है किसानों की मेहनत से ही देश अनाज उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बन सका है और कोरोना संकट के दौरान सरकार ने मुफ्त अनाज वितरण कर जरूरतमंदों की मदद की है

प्रदेश में कोरोना की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने किल कोरोना अभियान की शुरूआत की है

इस दौरान कोरोना के लक्षण के अलावा मलेरिया डेंग्र आदि लक्षित बीमारियों का भी परीक्षण किया जायेगा

इससे विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को लाभ देने के लिए आवश्यक जानकारी एक ही स्थान पर मिल जाएगी और उन्हें अलग अलग योजना के लिए बार बार जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी इससे जहां एक ओर समय की बचत होगी वहीं योजनाओं का त्वरित लाभ और आसान हो जायेगा

राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव दुर्गे विजय सिंह ने बताया कि इन नगरीय निकायों के लिए आयोग द्वारा अलग से कार्यक्रम जारी किया जायेगा शेष नगरीय निकायों में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य यथावत जारी रहेगा रेरा सुनवाई रेरा प्राधिकरण द्वारा कोरोना महामारी के चलते पक्षकारों की शिकायतों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ऑनलाईन शुरू करने पर अच्छे परिणाम मिल रहे हैं

रेरा प्राधिकरण ने इन माहों में प्राप्त होने वाली शिकायतों के बदले तीन गुना अधिक प्रकरणों का निराकरण किया है आसपास बैतूल में जरूरतमंदों की मदद के लिए आसपास हेल्पलाइन सेवा शुरू की गई है